मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से जिला मुख्यालय तक आयोजित भाजपा की कमल संदेश बाईक रैली को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर केन्द्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों की याद दिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया श्री योगी ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस पूरे देश और दुनिया के लिये महत्वपूर्ण है उन्होंने विकास कायों की चर्चा करते हुये कहा कि प्रघानमंत्री के विगत साढ़े चार वर्षो और उनके करीब ढ़ेड वर्षो के कार्यकाल में सड़क एवं बिजली सहित तमाम बुनियादी व्यवस्थायें द्रूस्त हयी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजगरा विधानसभा स्थित अमर शहीद जवान स्मारक से कमल संदेश बाईक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया भाजपा महासचिव संगठन सुनील बंसल ने कन्नौज से कमल संदेश बाईक रैली को रवाना किया प्रदेश भाजपा महासचिव एवं विधायक पंकज सिंह ने गोरखपुर में रैली को रवाना किया केन्द्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा नोएडा में तथा भाजपा महासचिव विजय बहादुर पाठक ने मुरादाबाद में रैली को रवाना किया लखनऊ में झूलेलाल वाटिका से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कमल संदेश रैली को रवाना किया उन्होंने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक ले जाने की अपील की प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कमल संदेश बाईक रैली को परेड मैदान से रवाना किया केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर मे केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल बाराबंकी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी सीतापुर में डॉक्टर लक्षीकांत वाजपेई गौतमबुद्दनगर में राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर मेरठ में राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल फिरोजाबाद में राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेई उन्नाव में प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झांसी में डॉक्टर महेन्द्र सिंह आगरा में और प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने हरदोई में कमल बाईक रैली को रवाना किया प्रदेश में अन्य कई स्थानों से भी कमल बाईक रैली निकाले जाने की भी समाचार मिले हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गम्मीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जिलों के एक सौ पैंसठ लोगों को दो करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है इस बात की जानकारी देते हुये राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों में अधिकतर कैंसर हृदय किडनी तथा लीवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं उन्होंने बताया कि यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गयी है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है सरकारी विज्ञप्ति में बताया है गया कि विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्मया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है

पहले चरण में नौ राज्यों में सात सौ सतहत्तर विशेष अदालतें बनाई जाएगी दूसरे चरण में शेष दो सौ छियालिस अदालतों का गठन किया जाएगा मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक उन्तालिस हजार आठ सौ तिरसठ मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया इस योजना से अब तक छः हजार एक सौ नौ किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानों को उन्हत्तर हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है अयोध्या के रूदौली क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गयी तथा छ अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाराबंकी निवासी यह लोग अयोध्या से राम जन्मूमि की परिक्रमा कर के सुबह एक वाहन में सवार होकर लौट रहे थे कि वाहन अनियंत्रित होकर पलट गयी जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी